प्रदेश में कोविड उन्नीस के एक हजार आठ सौ बीस नये मामले सामने आये

और महामारी से राज्य में अब तक दो सौ इक्कीस लोगों की मृत्यु

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गयी है पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में चार सुरक्षा बांधों के टूटने से कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है राज्य में दस जिलों के आठ लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं राज्य सरकार के अनुरोध पर कल से भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य चलायेंगे इसके तहत बाढ़ में फंसे लोगों के लिए वायु सेना के जवान फूड पैकेट सूखा राशन और अन्य राहत सामग्री पहुंचायेंगे इधर पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले में कई नदियों पर बने सुरक्षा बांध टूटने के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गयी है दरभंगा जिले में सबसे अधिक ग्यारह प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं इधर प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य तेज कर दिया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की इक्कीस टीमों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है बाढ़ से संबंधित हादसों और डूबने की अलग अलग घटनाओं में राज्य में पैंतीस लोगों की मृत्यु हुई है जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि गंडक बराज से पानी छोड़े जाने और इसके जलग्रहण क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश के कारण तटबंधों पर दबाव बना हुआ है जलग्रहण क्षेत्र में डेढ़ सौ से ढ़ाई सौ मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी है गंडक नदी में पांच लाख क्यूसेक से अधिक पानी आ जाने से भारी दबाव के कारण तटबंधों को क्षति हुई है गोपालगंज जिले में सबसे अधिक नुकसान हुआ है यहां बड़ी संख्या में घर पानी में डूब गये हैं खेतों में लगी धान और गन्ने की फसल को भी भारी क्षति हुई है बरौली प्रखंड के देवापुर में बांध में एक बड़ी टूट हुई है बांध टूटने से गंडक नदी का पानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस पर बह रहा है वहीं मांझागढ़ प्रखंड के पूरैना में सारण तटबंध टूट गया है इससे अचानक एक बड़े इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है वहीं बैक्रंठप्रर प्रखंड के बकहा में एक रिंग बांध के टूट जाने से कई इलाके बाढ़ से घिर गये हैं इधर जिला प्रशासन ने राहत कार्य के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस एक लेन को बंद कर दिया है यहां बाढ़ पीड़ितों के ठहरने की व्यवस्था की गयी है जिले के पांच प्रखंड के उन्नीस पंचायत बाढ़ से घिरे हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपूर में दक्षिणी भवानीपूर पंचायत इलाके में सुरक्षा बांध ट्रट गया जिससे कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है जबकि स्टेट हाईवे चौहत्तर के ऊपर से पानी का तेज बहाव हो रहा है जिलाधिकारी शीर्षत अशोक कपिल ने संग्रामपुर प्रखंड में बाढ़ से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया है जिले में भी बड़ी संख्या में इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए है जिले के छह प्रखंडों में लगभग एक लाख लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद बताया कि बाढ़ का पानी फैलने से बड़े पैमाने पर खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है श्री झा ने कहा कि इलाके में पानी के फैलाव की स्थिति वर्ष दो हजार सत्रह की बाढ़ की तरह हो गयी है इधर काम पर लापरवाही बरतने के आरोप में मोतिहारी में बाढ़ नियंत्रण से जुड़े जल संसाधान विभाग के कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है इधर पश्चिम चंपारण जिले में गंडक और इसकी सहायक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से जिले में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है मंझौलिया प्रखंड में सिकरहना नदी पर जमींदारी बांध ट्रट जाने से ढ़ाई हजार परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं इधर गंडक बराज से दो लाख छत्तीस हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले के कई इलाकों में खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गयी है बैरिया प्रखंड में चंपारण तटबंध से रिसाव होने के कारण इसके ट्रटने का खतरा मंडराने लगा है इधर बेतिया में चन्द्रावत नदी पर बना डायवर्सन टूट गया है जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से हायाघाट और हनुमाननगर प्रखंड प्रभावित हुए है वहीं हनुमाननगर प्रखंड के पटोरी में अघवारा नदी पर बने बागमती रिंग बांध के टूट जाने से चंदौली कोलहंटा खपरपुरा और रामटोल पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल रहा है इसके चलते बिशनपुर अतरबेल सड़क मार्ग के ऊपर से पानी बह रहा है इधर केवटी प्रखंड के गोपालपुर माधवपट्टी जलवाड़ा और असराहा सहित कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है दरभंगा शहर के शुभंकरपुर रतनोपट्टी बाजितपुर और बहादुरपुर प्रखंड के सिमरा मनियारी चतरिया नेहालपुर सहित कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए सत्तर मोटर बोट तैनात किये गये हैं प्रभावित इलाकों में सूखा राशन भेजा जा रहा है वहीं कोसी नदी में उफान के कारण सूपौल और सहरसा जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है इधर बूढ़ी गंडक में उफान के कारण मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया जिले में कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं इधर सीतामढ़ी जिले में रीगा प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है बैरगनिया और मोहिनीमंडल गांव को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर बाढ़ का पानी बह रहा है जिससे इन क्षेत्रों का संपर्क कई इलाकों से कट गया है वहीं सीतामढ़ी से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सतहत्तर और एक सौ चार पर पानी का तेज बहाव हो रहा है जिले में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है जिले के दस प्रखंड के एक सौ उन्नीस पंचायत इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है

केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना मुंगेर और भागलपुर में तेजी से बढ़ रहा है पटना के गांधीघाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है इधर सोन नदी का जलस्तर भोजपुर और पटना में तेजी से बढ़ रहा है पुनपुन नदी का जलस्तर पटना जिले के श्रीपालप्र में खतरे के निशान को पार कर गया है प्रनप्रन का जलस्तर आज पचास मीटर संतावन सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया घाघरा नदी का जलस्तर सिवान जिले के गंगपुर सिसवन में खतरे के निशान के पास पहुंच गया है इधर गंडक नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ा है गोपालगंज जिले के ड्मरिया घाट में यह खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया वहीं बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है पूर्वी चंपारण जिले के लालबेगिया घाट और समस्तीपूर जिले के रोसड़ा में यह खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही है बागमती नदी का जलस्तर दरभंगा के हायाघाट को छोड़कर अन्य स्थानों पर धीरे धीरे कम हो रहा है इधर कमला बलान मध्रबनी जिले में विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया महानंदा और परमान नदी के जलस्तर में कमी की प्रवृति के बावजूद नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है पूर्व मध्य रेल अंतर्गत समस्तीपूर रेल मंडल के हायाघाट थलवारा रेलवे स्टेशन के बीच बागमती नदी पर बने रेल पूल संख्या सोलह पर बाढ़ के पानी के भारी दबाव के चलते आज सुबह से समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है समस्तीपुर रेल मंडल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने बताया कि पुल के गार्डर पर पानी चढ़ गया है

प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गयी है वहीं कुछ स्थानों पर भारी बर्षा हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना की वैज्ञानिक आरती गुप्ता ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है

वहीं दरभंगा शरहर में एक सौ बीस मिलीमीटर वर्षा हुई है दरभंगा जिले के ही हायाघाट जाले और कमतौल में नब्बे मिलीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गयी है इसके अलावा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर वैशाली और मधेपुरा में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तैंतीस हजार पांच सौ ग्यारह हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक हजार आठ सौ बीस नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक पांच सौ इकसठ नये मामले पटना जिले से सामने आये हैं वहीं गया जिले से एक सौ सैंतालीस सारण जिले से एक सौ इक्कीस और रोहतास जिले से एक सौ एक नये मामलों की पुष्टि हुई है जबकि मुजफ्फरपुर जिले से निन्यानवे भागलपुर से इक्यासी बेगूसराय से अठहत्तर और पूर्वी चंपारण जिले से उनसठ नये मामले सामने आये हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार इस महामारी से राज्य में अब तक दो सौ इक्कीस लोगों की मृत्यु हुई है वहीं लगभग तेईस हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं दस हजार से अधिक लोगों का अभी विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है वहीं संक्रमित लोगों में से अड़सठ प्रतिशत ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पा चुके हैं राज्य में अब तक चार लाख उनतीस हजार सैंपल की जांच की गयी है कोरोना संक्रमण के कारण सुपौल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ महेंद्र चौधरी की आज तड़के पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मौत हो गई बाईस जुलाई को उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गयी थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था वे अरवल सदर अस्पताल में पदस्थापित थे भाजपा के पश्चिम चंपारण जिले के नगर अध्यक्ष कन्हैया ग्रुप्ता की कोविड उन्नीस महामारी से मृत्यु हो गयी वहीं नालंदा जिले में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जिला परिषद के सदस्य कैप्टन सुनील सिंह की कथित तौर पर इस महामारी से मृत्यु हो गयी अभी उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आयी है बिहारशरीफ के ही जानेमाने व्यावसायी और मगध आयरन कंपनी के मालिक और उनके भाई की इस महामारी से मृत्यु हो गयी है इधर पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव भी कोविड उन्नीस से स्वस्थ हो गये हैं श्री यादव और उनकी पत्नी की जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी है शेख्यपरा जिले के शेखोपूर सराय प्रखंड में केनरा बैंक की शाखा के कैशियर और बरबीघा स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा की एक महिला कर्मी संक्रमित पायी गयी है जिले में शेखूपरा और बरबीघा नगर क्षेत्र के सभी बैंकों को कोविड उन्नीस संक्रमण के प्रसार के चलते छब्बीस जुलाई तक बंद कर दिया गया है इधर नालांदा जिले में हरनौत थाना के तीन दारोगा संक्रमित हो गये हैं इसके बाद पूरे थाने को सील कर परिसर को सेनिटाईज किया जा रहा है भागलपुर और मुंगेर जिले के जिलाधिकारियों को दोनों प्रमंडलों के आयुक्त का प्रभार दिया गया है गौरतलब है कि निवर्तमान भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल की आयुक्त वंदना किनी कोरोना से संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है भाजपा ने कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि ये टास्क फोर्स बाढ़ प्रभावित लोगों को भी मदद पहुंचायेगा

पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में चार सुरक्षा बांधों के टूटने से कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैला

प्रदेश में कोविड उन्नीस के एक हजार आठ सौ बीस नये मामले सामने आये

और महामारी से राज्य में अब तक दो सौ इक्कीस लोगों की मृत्यु